नई लोकसभा का पहला सत्र होने के कारण इसमें मुख्य रूप से नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और केन्द्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्यवाही होगी

केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा

जनमंच कार्यक्रमों के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करने के अलावा गैस कनैक्शन भी वितरित किए गए

देश में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे वे योग के विकास और संवर्धन के लिए अनुकरणीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार प्रदान करेंगे इधर प्रदेश में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र व स्थानीय लोग योग की क्रियाएं करेंगे हडताल भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज देशव्यापी हड़ताल की है आईएमए के अनुसार हड़ताल में साढ़े तीन लाख डॉक्टरों के शामिल होने की उम्मीद है इससे आज देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं

संघ ने अस्पसतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की मांग दोहराई है राजभवन शिमला स्थित राजभवन में सात दिवसीय श्रीराम चरित चिंतन सत्र कल संपन्न हो गया इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे समापन अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हर सत्र में आए मुख्य अतिथियों का आभार जताया मौसम प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों तापमान में वृद्धि के चलते गर्मी का प्रकोप बना हुआ है

गर्मी से राहत पाने के लिए पड़ौसी राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रूख कर रहे हैं मौसम विभाग ने आज व कल निचले मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों गरज के साथ तेज़ हवाएं व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है जनमंच में महिला मंत्री से उलझे कांग्रेस विधायक नारेबाजी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जनमंच में सरवीण चौधरी जगत सिंह आमने सामने

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है अब शिमला में होंगे अंतर्राष्ट्रीय आइस स्केटिंग टूर्नामेंट जबकि अजीत समाचार लिखता है एमस्टरडम में जयराम ने योग दिवस का किया श्भारंभ वहीं दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है नीदरलैंड की तीन कम्पनियां हिमाचल में निवेश करने के लिये तैयार शिमला में आइस स्केटिंग रिंक लगाएगी आइस वर्ल्ड

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है वृद्धों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ हाईकोर्ट में याचिका दायर बुजुर्गों को सुविधाएं देने की अपील को आपका फैसला ने प्रमुखता दी है बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद विदेशी पायलट लापता शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है धरमाणी के आगे ऊंची पहाड़ी पर पेड़ पर फंसा मिला ग्लाइडर जबकि अमर उजाला का शीर्षक है बिलिंग से उड़ान भरने के बाद कोरिया का पायलट लापता